लघू सूक्ष्म और मध्यम उद्योग लगाना अब होगा आसान राज्य सरकार ने जारी किया नया अध्यादेश

तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन के बाद रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कल तूतीकोरिन में यह जानकारी दी वहीं राज्य में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का श्भारंभ भी आज होगा

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार योजना का आरंभ कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जाएगा

उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाए देश की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं और वायुसेना ने यह सिद्ध करके दिखा भी दिया है श्री कोविंद ने कहा कि देश ने सशस्त्र सेनाओं के साहस और समर्पण भावना को हाल में देखा है राष्ट्रपति ने कल कोयम्बट्र के पास सुलुर में एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय वायुसेना व्यापक रूप से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है उन्होंने मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यो में आगे रहने के लिए वायुसेना की प्रशंसा की इस अवसर पर वायुसेनाध्यक्ष एयरचीफ मार्शल बिरेन्दर सिंह धनोआ ने कहा कि पाकिस्तान ने इसलिए बदले की कार्रवाई की कोशिश की क्योंकि भारतीय वायुसेना को अपनी कार्रवाई में सफलता मिल रही थी वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी कार्रवाई से हताहत होने वालों की संख्या केवल सरकार ही बताएगी क्योंकि वायुसेना हताहतों की सही सही संख्या का आकलन नहीं करती

मार्च के लिए सुरक्षा परिषद को अध्यक्ष बनने पर फ्रांस ने भारत जर्मनी और जापान को परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन दोहराया उसने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए इसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना पहला उपाय होगा

उनचास दिन के कुंभ मेलेका आज विधिवत समापन हो जायेगा इस अवसर पर आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे

इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बने नये भवन का उदघाटन भी किया इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी मौजूद थे

वहीं कल श्री राठौड ने जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आमजन से संवाद किया इस अवसर पर पूर्व विधायक राव राजेन्द्र सिंह विधायक रामलाल शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे वहीं केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्द्वन राठौड ने प्रसिद्व महालेश्वर मंदिर पर जलाभिषेक कर देश की तरक्की की कामना की

आईएएस विनीता बोहरा को एम डी राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ उदयपुर में लगाया गया है वहीं वंदना सिंघवी को अतिरिक्त निदेशक प्रशासन जोधपुर में पदस्थापित किया है वहीं एच गुईटे को सचिव राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण जयपुर के पद पर लगाया गया है कृशाल यादव को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त शासन सचिव के पद पर लगाया गया है

इस अध्यादेश के प्रभावी होने के बाद छोटे उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पडेंगे बल्कि वे केवल स्वयं डिक्लेरेशन प्रपत्र भरकर ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे यही नहीं उद्यमी को तीन साल तक विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों सहित कई तरह की विधिक एवं प्रशासनिक जटिलताओं से मुक्ति मिल जाएगी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार उद्यमी को एक निर्धारित प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक रूप से उद्यम स्थापना करने का पत्र नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत करना होगा इसके साथ ही उन्हें तीन वर्ष तक विभिन्न विभागों की स्वीकृति एवं निरीक्षणों से छूट मिल जाएगी हालांकि उन्हें प्रदेश में पहले से प्रभावी सभी कानूनों के अनुरूप चलना होगा तीन वर्ष का समय पूरा होने के बाद उद्यमों को अगले छह माह में आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होगी

जिनमें परिधानों के साथ ही टैक्सटाइल क्षेत्र में काम आने वाली मशीनरी भी प्रदर्शित की जाएगी एक्सपो में गारमेंट मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों और बुटीक होल्डर्स के लिए बॉयर्स सेलर मीट भी रखी जाएगी